देहरादून में बाल मुख्यमंत्री के रूप में नामित सृष्टि गोस्वामी ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की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

यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है

इस दिन देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है केन्द्र सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और बालिकाओं का अनुपात कम होने के मुद्दे पर काफी ध्यान दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लडकियों के सशक्तिकरण उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा भेदभाव समाप्त करने की दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन लडकियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है

हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव की रहने वाली सुष्टि गोस्वामी को आज एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री बनाया गया इस दौरान राजधानी देहरादून में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया और विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा बाल मुख्यमंत्री द्वारा की गयी बाल मुख्यमंत्री बनने पर सृष्टि गोस्वामी और उनके परिजन बेहद खुश नज़र आये

बाल विधानसभा में हर तीन वर्ष में बाल मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है पौड़ी जिले में भी बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं पर केन्द्रित मेरु सुपन्यू मेरो लक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां विभिन्न विकास खण्डों के अलग अलग क्षेत्रों से आयी बालिकाओं ने अधिकारियों के साथ संवाद किया इस दौरान अधिकारियों द्वारा विभागों के काम काज की जानकारी देने के साथ ही बालिकाओं के सबालों का जबाव भी दिया गया वहीं चम्पावत जिले में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय टनकपुर की छात्रा निकिता आर्या को एक दिन के लिए जिलाधिकारी नामित किया गया इस दौरान निकिता आर्या ने अधिकारियों के साथ किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की चमोली जिले में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बालिका शिक्षा आदि विषयों पर चित्रकला सामान्य ज्ञान व क्वीज प्रतियोगिता कराई गयी

इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के सहयोग से आयोजित दिव्यांगजन सहायता शिविर में भाग लिया और दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण वितरित किए उन्होंने कहा कि बालिकाओं के विकास और कल्याण के लिए प्रभावी प्रयासों की जरूरत है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द्र अग्रवाल मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत कांग्रेस नेता सूर्य कान्त धस्माना ने शुभकामनाएं दी हैं सीएम कुंभ निरीक्षण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार महाकुंभ को सुरक्षित बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है इसके लिए केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है मुख्यमंत्री ने आज महाकृंम के लिए किये जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ कुंभ की व्यवस्थाएं होंगी मुख्यमंत्री ने खड़खड़ी स्थित सुखी नदी पुल आस्था पथ गौरीशंकर द्वीप बैरागी कैम्प पुल रानीपुर झाल पुल और चौधरी चरण सिंह घाट का भी निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ की विधिवत शुरुआत बेहतर तरीके से होगी और कुंभ में स्वच्छता पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और आरएसएस के सर सहकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने विधिवत पूजा अर्चना कर अस्पताल जनता को समर्पित किया प्राचीन अवधुत मण्डल आश्रम में बने इस हॉस्पिटल को स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन द्वारा संचालित किया जाएगा इसमें साध् संतों और गरीबों को तमाम चिकित्सीय सेवा निशुल्क प्रदान की जाएंगी कुंभ तैयारियां हॉरेद्वार में कुंभ को लेकर जहां मेला प्रशासन जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटा है वहीं परिवहन विभाग ने भी यात्रियों के सुचारू आवागमन को लेकर ठोस रणनीति बनानी शुरू कर दी है

उन्होंने बताया कि कुंभ मेले के दौरान बसों का किराया सामान्य ही रहेगा और उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जखोल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदप्रयाग के निर्माण कार्यों के लिए भी धनराशि जारी करने की सहमति दी है

दोनों रिजर्व पार्को में काम भी शुरू हो गया है

पंचायत प्रतिनिधि उत्तराखंड में प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्वागत किया देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम एक दूसरे राज्यों की संस्कृति से परिचित कराने में मददगार होते हैं हमारी भाषा बोली अलग हो सकती है लेकिन संस्कृति एक है मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक एकता ही हमारे समृद्व लोकतंत्र की पहचान भी है उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में विकास की दिशा तय करने के साथ ही लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य करेंगे मौसम राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा परेशान कर सकता है राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने मैदानी क्षेत्रों के कुछ भागों में विशेषकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में आज मध्यम से घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है